कल नई दिल्ली में राज्य के वित्त मंत्रियों व जीएसटी परिषद की बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये मामला उठाया उन्होंने प्रदेश के सभी हवाई अड़डों के विस्तार के लिए पर्याप्त धन देने का मामला भी उठाया

उन्होंने विद्युत परियोजनाओं में प्रयोग होने वाली सामग्री को जीएसटी का लाभ देने की भी बात कही सुरेश भारद्वाज ने प्रस्तावित भानूपल्ली बिलासपुर मनाली लेह रेल लाईन निर्माण और पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाईन को ब्राडंग्रेज में बदलने तथा इन्हें शतप्रतिशत सेंट्रल शेयरिंग में रखने का आग्रह किया उन्होंने सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सेब की आयात दरों को दोग्ना करने और हिमाचल को पर्वत माला योजना के तहत उदारता पूर्वक धन उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया शपथ न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियन ने आज प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में शपथ ली शिमला स्थित राज भवन में एक सादे मगर गरिमामय समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें शपथ दिलाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उच्च न्यायालय के न्यायधीश व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आर्मी ट्रैनिंग कमांड के मुख्यालय को शिमला से बाहर मेरठ स्थानतंरित न करने का अनुरोध किया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कमांड मुख्यालय शिमला में होने से यहां के लोगों को भी रोजगार मिला है इधर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल ने भी केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर शिमला स्थित आरट्रेक को शिमला से मेरठ स्थानांतरित न करने का आग्रह किया है उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है

कल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि एक घायल महिला ने आज पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ा इस बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल में उपचाराधीन घायलों का कुशलक्षेम पूछा और उन्हें सरकार की तरफ से बेहतर उपचार सुविधाएं देने का आश्वासन दिया रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वे सोमवार को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावितों के लिए अधिक से अधिक मदद देने का मामला उठाएंगे वीरेंद्र कंवर राज्य सरकार ने हर सरकारी स्कूल में वर्षा जल संग्रहण का लक्ष्य तय किया है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना ज़िले के समूरकला स्थित सरकारी स्कूल में एनएसएस की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही बेहतर जल प्रबंधन की जरूरत बताते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इससे पानी की समस्या से निपटा जा सकेगा इस बीच वीरेंद्र कंवर ने बंगाणा में सैनिक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है उन्होंने कहा कि बंगाणा में सीएसडी कैंटिन और सैनिक विश्राम गृह खोलने का प्रयास किया जाएगा सरवीन शहरी विकास मंत्री सरवीन चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेटी स्थित राजमंदिर में कांगड़ा लोक साहित्य परिषद द्वारा आयोजित परम्परा उत्सव का आज शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने प्राचीन संस्कृति के संरक्षण में ऐसे प्रयासों को सराहनीय बताया

इससे पहले शहरी विकास मंत्री ने प्रेई से परसेर नाला पर बनने वाले पुल की आधारशीला भी रखी

राज्य विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ सकता है उन्होंने लोगों व पर्यटकों को नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है